एक प्रश्न के उत्तर में श्री पासवान ने बताया कि इस अधिनियम के तहत पात्र परिवार या लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए वे एक देश एक राशन योजना के तहत किसी भी उचित मूल्य राशन दकान पर ईपीओएस उपकरण पर बायोमीट्रिक या आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशनकार्ड से राशन खरीद सकते हैं स व्यस्था से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने वाले लाभार्थियों को फायदा होगा दिव्यांग दिवस आज देशभर में अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की दृढ़ता और उपलब्यता सबके लिए प्रेरणादायक है प्रदेश में भी इस मौके पर समी जिलों में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित किये गये हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा कम्पू स्थित खेल परिसर में आयोजन किया गया है उधर उमरिया में स्थानीय सामुदायिक भवन में दिव्यागों के सांस्कृतिक कार्यक्रमखेल प्रतियोगिता स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया गया

अनूपपूर शिवपूरी सागर नीमच टीकमगढ़ निवाड़ी रायसेन रीवा सतना गुना नरसिंहपूर रतलाम छिन्दवाड़ा आगरमालवा में इस अवसर पर दिव्यांगजनों की खेलकूद और सास्कृतिक प्रॅतियोगिता आयोजित की जा रही है

यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक द्र्घटनाओं में से एक है इस त्रासदी में मारे गए लोगों की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री कमलनाथ आज झाबुआ प्रवास पर है इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

आगरमालवा जिले के नौ अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाई की गई है